वे डॉ कृष्ण कांत पॉल का स्थान लेंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि क्लश प्रदेश भाजपा अध्यक्षों को सौंपे इन्हें देशभर की नदियों में विसर्जित किया जाएगा प्रदेश में अक्टूबर के महीने में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज बेंगलुरू में रोड शो का आयोजन किया गया प्रदेश में ईद उल अज़हा का त्योहार परम्परागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

वे डॉ कृष्ण कांत पॉल का स्थान लेंगी राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्तराखण्ड के साथ चार अन्य राज्यों के लिए भी नये राज्यपाल नियुक्त किये गये हैं

इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य भी नियुक्त किया गया अस्थि कलश भारतीय जनता पार्टी सभी जिलों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा निकालेगी और अस्थियों को देश भर की नदियों में विसर्जित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अस्थि कलश पार्टी प्रदेश अध्यक्षों को सौंपे इस मौके पर वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सुषमा स्वराज और दिवंगत नेता के परिजन उपस्थित थे कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भापजा अध्यक्ष अजय भट्ट ने अटल जी की अस्थ्यां ग्रहण कीं

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजेपीय की अस्थियों का कलश आज देर शाम जौलीग्रांट हवाई अड्डे पहंचा जहां से उसे भाजपा प्रदेश मुख्यालय लाया गया अस्थि कलश पर डोईवाला चौक और भानियावाला समेत विभिन्न विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा की गई अस्थि कलश के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और वरिष्ठ केंद्रीय नेता श्याम जाजू भी साथ थे इसके अलावा इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हुए आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में अल्पाइन सब अल्पाइन मीडोज और घास के मैदानों से सभी प्रकार के स्थायी ढांचे तीन महीने के अंदर हटाने के आदेश दिये हैं न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की पीठ ने राज्य सरकार को औली बेदनी बागजी बुग्यालों समेत प्रदेश में स्थित घास के मैदानों से सभी स्थायी संरचनाए हटाने को कहा है एक समाचार एजेंसी के अनुसार आदेश में यह भी कहा गया है कि भविष्य में इन जगहों पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा इन घास के मैदानों में मवेशियों को चराने की अनुमति केवल स्थानीय चरवाहों को ही होगी और उनके लिए भी मवेशियों की समुचित संख्या निर्धारित की जायेगी न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रकृति पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए इको सेंसिटिव जोनों में छह सप्ताह के भीतर इको डेवलपमेंट कमेटियां बनाने को भी कहा है

उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इन घास के मैदानों से छह सप्ताह के भीतर प्लास्टिक की बोतलें और कैन आदि हटवाने के निर्देश भी दिये हैं

यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षित मातृत्व योजना से संभव हो पा रहा है केंद्र सरकार की यह योजना आम लोगों के लिए काफी कारगर सिद्ध हो रही है इस योजना का उददेश्य मात शिश् मृत्यू दर में कमी लाना है इस योजना का लाभ नैनीताल जिले के रामनगर में पीरूमदारा स्थित राम दत्त जोशी अस्पताल के जरिए गांव और आसपास की सैकड़ों महिलाओं को मिल रहा है योजना के तहत महिला के गर्भवती होने से लेकर बच्चे के जन्म तक का पूरा खर्च सरकार वहन करती है राम दत्त जोशी अस्पताल के डॉ तरुण पंत का कहना है कि सुरक्षित मातृत्व योजना वास्तव में गरीब महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है

भगवती के पति कैलाश थापा बताते हैं कि जब जांच में उनकी पत्नी के गर्भवती होने की बात सामने आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत अपनी पत्नी का पंजीकरण करवाया

नैनीताल जिले के रामनगर के रामदत्त जोशी अस्पताल में गर्भवती महिलाओ का प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना में महिला डॉक्टर इलाज कर रही हैं योजना के तहत सभी तरह की जांचे भी मुफ्त हो रही हैं रोड शो प्रदेश में अक्टूबर के महीने में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के उददेश्य से आज बेंगलुरू में रोड शो का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित इस रोड शो में बड़ी संख्या में कर्नाटक के उद्यमियों ने रूचि दिखाई इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बनने के बाद उत्तराखण्ड में पहली बार इस तरह के निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर वातावरण है श्री रावत ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था और एकल खिड़की प्रणाली व्यवस्था होने से राज्य में निवेश करना आसान है आमंत्रण इससे पहले कल मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कर्नाटक राज्य के प्रमुख उद्यमियों के साथ मुलाकात कर उन्हें राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया

उन्होंने कहा कि बैंगलुरू को सूचना तकनीकि के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है जिसका लाभ उत्तराखण्ड को भी मिल सकता है उन्होंने कर्नाटक के उद्यमियों को प्रदेश के साथ व्यवसायिक साझेदारी के लिये निवेशक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया ईद प्रदेश भर में आज ईद उल अज़हपा का त्योहार परम्परागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राजधानी देहरादून के ईदगाह समेत ग्रामीण क्षेत्रों की मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर मुल्क की तरक्की और अमन चैन की दुआ मांगी लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारखबाद दी गढ़वाल में हरिद्वार विकासनगर उत्तरकाशी टिहरी श्रीनगर सहित अन्य स्थानों में बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया कुमाऊं में नैनीताल के मल्ली ताल स्थित जामा मस्जिद के पास फ्लैट्स मैदान में नमाज अदा की गई रुद्रपुर में भी खेड़ा स्थित ईदगाह के साथ ही काशीपुर ऊधमसिंह नगर हल्द्वानी समेत अन्य शहरों में ईद की रौनक रही रुड़की में ईदगाह कलियर में पिरान कलियर दरगाह परिसर लंढौरा मंगलोर झबरेड़ा भगवानपुर खेलपुर और जोरासी समेत विभिन्न स्थानों पर ईद की नमाज पढ़ी गई बच्चे नए कपड़े पहनकर बकरीद के त्योहार का आनंद लेते हुए दिखाई दिए इस अवसर पर नमाजियों को नमाज अदा करने में कोई परेशानी न हो इसके लिए पुलिस की ओर से सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से रूक रूककर हल्की बारिश हो रही है देहरादून हरिद्वार टिहरी पौड़ी और उत्तरकाशी जिले में मध्यम बारिश होने के समाचार हैं

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ने श्री कामत के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है